मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिता संशोधन कानून के संदर्भ में लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने अपील की

प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा है शुरू पहाड़ों पर हिमपात से प्रदेश में बढ़ी ठण्ड जनजीवन प्रभावित

अपने कई ट्वीट संदेशों में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विचार विमर्श और मतभेद लोकतंत्र का आवश्यक अंग है लेकिन सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना और जनजीवन में व्यव्धान लाना कभी इसका हिस्सा नहीं रहे उन्होंने कहा कि नए नागरिकता कानून का संसद के दोनों सदनों में बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों और सांसरों ने सम्थन किया था उन्होंने कहा कि यह कानून सदभाव करूणा और भाई चारे की भारत की सदियों पुरानी संस्कृति को दर्शाता है श्री मोदी ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि इस कानून से देश के किसी भी सम्प्रदाय के नागरिकों पर कोई असर नहीं पडेगा और किसी को विंतित होने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जो वर्षो से दूसरे देश में उत्पीड़न झेल रहे हैं और उनके पास शरण लेने के लिए भारत के सिवाय कोई जगह नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि हम सब मिलकर देश के विकास के लिए काम करें और विशेषकर गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए अपना योगदान करें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वे नागरिकता संशोधन कानून के बारे में छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और भड़का रहे हैं पार्टी प्रवक्ता संवित पात्रा ने आरोप लगाया कि विपक्ष लोगों को साम्प्रदायिक आधार पर बांट रहा है उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून में भारत के किसी धर्म समुदाय और जाति के खिलाफ कुछ भी नहीं है विपक्ष इसे बेवजह साम्प्रदायिक रंग दे रहा है उच्चतम न्यायालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस ज्यादती के मामले की आज सुनवाई करेगा न्यायालय ने इस दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां तुरन्त बंद की जानी चाहिए वकीलों के एक समूह ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह छात्रों पर कथित पुलिस ज्यादती का स्वतः संज्ञान ले इस पर न्यायालय ने वकीलों से कहा कि वे इस बारे में याचिका दायर करें उधर लखनऊ के नदवा कॉलेज और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों ने कल नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नारेबाजी की पुलिस और प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण कर लिया मऊ जिले में कृष्ठ शरारती तत्वों ने कल एक बस पर पथराव कर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया पुलिस ने स्थिति पर तुरंत नियंत्रण कर लिया जिले में धारा एक सौ चौवालिस लागू कर दी गयी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है अपने ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अविनियम के संदर्भ में कुछ निहित स्वार्थी तत्व अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने लोगों से कानून का पालन करने की अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था को प्रभावित करने की अनुमति किसी को नहीं है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने आकाशवाणी के माध्यम से लोगों से प्रदेश में शांति और सौहाई बनाए रखने की अपील की प्रदेश के कुछ सिक्षण संस्थानों के छात्रों और कतिपय अराजक तत्वों द्वारा दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन का प्रयास किया गया परन्त् पुलिस और प्रशासन द्वारा तत्पता से उस पर नियंत्रण कर लिया गया हम असामाजिक तत्वों को चिहित कर उनके विरूद्व सख्त कार्यवाही कर रहे हैं पूरे प्रदेश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है मै आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि अफवाहों के बहकावे में न आयें और शान्ति व्यक्तथा बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें आपसी सौहार्द्र और लोक व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है प्रदेश विधानमंडल का संक्षिप्त शीतकालीन सत्र आज से आहूत किया जा रहा है विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार यह सत्र शुक्रवार तक चलेगा कार्यक्रम के अनुसार आज सदन में वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के द्वितीय अनुप्रक अनुदान को प्रस्तुत किया जायेगा कल यानी अट्ठारह दिसम्बर को विधायी कार्य होंगे उन्नीस दिसम्बर को अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और विचार के बाद उसका पारण कराया जायेगा बीस दिसम्बर को विधायी कार्यो के साथ आधा दिन असरकारी दिवस रहेगा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि भारतीय संस्कृति और परम्परा में संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है श्रीमती पटेल कल लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में एक समारोह को संबोवित कर रही थीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक बेहतर समाज के निर्माण के लिये हमें अपनी भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कारों का ज्ञान कराना होगा राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए नागरिकों में अनुशासन का होना आवश्यक है श्रीमती पटेल ने कहा कि जब सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करेंगे तो समाज में सौहाई एवं सहिष्ण्ता का निर्माण होगा और देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने आकाशवाणी और दूरदर्शन से कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने में अधिक तालमेल का आह्वान किया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कल आकाशवाणी के हैदराबाद केन्द्र में समीक्षा बैठक में विभिन्न शाखाओं के प्रमुखों से मुलाकात की उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के पास दुर्लभ कार्यक्रमों का संग्रह है उन्हें डिजिटल बनाकर आम लोगों को उपलब्ध कराने की जरूरत है उन्होंने दूरदर्शन के दर्शकों को भी ध्यान में रखंकर कार्यक्रम तैयार करने को कहा श्री वेम्पति ने आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रशासन और कार्यक्रम निर्माण में बड़े पैमाने पर सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करने का सुझाव दिया दिल्ली की एक अदालत ने कल उन्नाव में दो हजार सत्रह में एक महिला के अपहरण के बाद उससे दुष्कर्म के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया अदालत ने भारतीय दंड संहिता और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम के कानून पॉक्सो कानून के अन्तर्गत मुजरिम करार दिया जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने इस मामले में सह अभियुक्त शशि सिंह को सभी आरोपों से दरी कर दिया न्यायालय सजा की अवधि के बारे में कल दलीलें सुनेगी इस मामले में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है दो हजार सत्रह में कूलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता का अपहरण कर कथित रूप से दुराचार किया था जब वह नाबालिग थी कुलदीप सिंह बांगरमऊ से चार बार विधायक रह चुके हैं उन्हें इस साल अगस्त में पार्टी ने निष्कासित कर दिया था आयकर विभाग ने कहा है कि इस महीने के अंत तक आधार के साथ स्थाई खाता संख्या पैन को जोड़ना अनिवार्य होगा इससे आयकर सेवाओं के लाभ उठाए जा सकेंगे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस वर्ष सितम्बर में जारी एक आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा तीस सितम्बर से बढाकर इक्कतीस दिसम्बर कर दी थी पैन को ऑनलाइन आघार से जोड़ने के लिए आयकर दाता को ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन करना होगा

प्रदेश भर में विशेषकर तराई क्षेत्रों में शीतलहर के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आयी है ठंड से लोगों का आम जन जीवन भी प्रमावित हुआ है मौसम विभाग ने आगामी दिनों में ठंड के और बढ़ने की संमावना व्यक्त की है वहीं पीलीभीत में ठंड का असर टाइगर रिजर्व के वन्य जीवें पर देखा जा रहा है यहां चीतल के तीन शावकों की ठंड लगने से मौत हो गई मुरादाबाद बरेली बागपत समेत प्रदेश के पश्चिमी अंचल के जनपदों में ठंड के कारण बाजारों रेलवे स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की कम आवाजाही देखी गई राजघानी लखनऊ के बाहरी क्षेत्रों में भी सुबह कोहरा छाया रहा गोरखपुर अयोध्या बस्ती समेत प्रदेश के पूर्वांचल के जनपदों में आज सुबह से शीतलहर में इजाफे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश में शाहजहांपुर जनपद के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडर में आग लग जाने से हुई दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मृत्यु हो गयी दूर्घटना रविवार को एक मकान में खाना बनाते समय हुई थी जिसमें मॉ और दो बेटे झुलस गये थे